विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में एक सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी ऐम्स को लेकर कांग्रेस पार्टी की चिंता को बेवजह बताते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि औपचारिकताओं को पूरा करने का काम चल रहा है जयराम ठाकुर ने सदन को आश्वस्त किया कि ऐम्स को जल्द से जल्द तैयार कराने के प्रयास किए जा रहे हैं इससे पहले स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने बताया कि भारत सरकार और हिमाचल सरकार इस संस्थान को धरातल पर उतारने के लिए वचनबद्ध हैं विपिन परमार ने कांग्रेस के ठाकुर सुखविंदर सिंह के सवाल पर बताया कि हमीरपुर में मैडिकल कॉलेज खोलने को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह गम्भीर हैं भवन निर्माण पर रोक से जुड़े कांग्रेस के अनिरूद्व सिंह के सवाल पर शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए सरकार अपने स्तर पर भवन निर्माण नीति नहीं बना सकती है पूर्व सरकार के कार्यकाल में विभिन्न किस्म की पेयजल पाईपों की खरीद को लेकर बलबीर सिंह वर्मा के मूल सवाल पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने बताया कि खरीद में कुछ शंकाएं हैं जिनके निवारण के लिए छानबीन की जाएगी कांग्रेस की आशा क्मारी की गैर मौजूदगी में हर्षवर्धन द्वारा पूर्छे एक सवाल पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि चम्बा जिले के भलेई व तकीपुर में कॉलेजों की जमीन के मामले में कार्रवाई चल रही है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाज में फैली बुराईयों को दूर करने के लिए जागरूकता के साथ सोच बदलाने की जरूरत बताई है आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में महिला सुरक्षा पर लघु पुस्तिका के विमोचन के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही ये पुस्तिका शिमला जिला प्रशासन ने तैयार की है इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के कल्याण के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप माइ गोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

रिकार्ड किए हुए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं

वीरेंद्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप ने केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से सिरमौर जिले के नाहन में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए डेढ़ सौ किलोमीटर का सफर तय कर शिमला या फिर चण्डीगढ़ जाना पड़ता है वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रो में रहने वाले विद्यार्थियों व प्रशिक्षत युवाओं के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को इस केन्द्र का लाभ होगा

इसका उद्देश्य लोगों को वनों में आग के कारणों दुष्परिणामों और रोकथाम के उपायों की जानकारी देना है अभियान के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला स्थित विधानसभा परिसर से अलग अलग रूटों पर गाड़ियां रवाना करेंगे अभियान की कड़ी में कल रिज मैदान से दौड़ भी आयोजित की जाएगी जिसे वनमंत्री गोबिंद ठाक्र झंडी दिखाएंगे विकास लाबरू उना के उपायुक्त विकास लाबरू ने अधिकारियों को जिले में संवेदनशील ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकें उना में आज एक बैठक में उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए जन जागरूकता की जरूरत बताई विकास लाबरू ने लोगों से यातयात नियमों की अनुपालना करने का आहवान भी किया

सभी जिलों से विशेषज्ञों ने इसमें इन तीनों विषयों का पाठ्यक्रम तैयार किया परिषद की प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ये विषय स्कूल में पढ़ाए जाएंगे